बाद में चंबा में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा है और चार जून से प्रदेश में हैलीटैक्सी की शुरूआत की जाएगी उन्होंने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री का चौपर सप्ताह में दो दिन हैलीटैक्सी सेवा के लिए उपयोग में लाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वैष्णो देवी की तर्ज पर मनाली से रोहतांग तक हैली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी

विक्रम सिंह उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि पावंटा साहिब के उद्यमियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार के साथ मामला प्रभावी ढंग से उठाया गया है पावंटा साहिब में आज हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही विक्रम ठाक्र ने कहा कि पावंटा में अतिरिक्त दवा नियंत्रक का पद जल्द भरा जाएगा ताकि सिरमौर जिले में कार्यरत फार्मा औद्योगिक इकाईयों को दस्तावेजों के सत्यापन व अन्य कार्यों के लिए बददी न जाना पड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू कामगारों को पंजीकृत न करने वाले राज्यों को अनुदान नहीं देने का निर्देश दिया है

आवास योजना केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए डेढ़ लाख मकान बनाने को मंजूरी दे दी है

गंभीर रूप से घायलों को शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार यह हादसा आज सुबह साढे आठ बजे के करीब हुआ और यह बस शिमला से टिक्कर की तरफ जा रही थी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आईजीएमसी जाकर घायलों का क्शल क्षेम पूछा और घायलों के इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदनाएं जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक विकमादित्य सिंह और पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा का आभार जताया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज के खलने से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा जिले के भी कुछ इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कॉलेज शुरू होने की अधिसूचना जारी कर इसी सत्र से एमबीबीएस के एक सौ मैडिकल छात्रों की एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया है समिति प्रवास उड़िसा विधानसभा की विशेष समिति अध्यक्ष प्रदीप कुमार आमद की अध्यक्षता में हिमाचल के प्रवास पर आज कुल्लू पहुंची इस मौके पर एक मुलाकात में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने समिति के सदस्यों को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया